मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदेश में लागू की जा रही विकास परियोजनाओं के समयबद्ध और गुणात्मक निर्माण के लिए इनकी नियमित निगरानी पर बल दिया है शिमला में विकासात्मक परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृतियों और अनुमोदन के लिए हिम प्रगति पोर्टल की समीक्षा बैठक में आज उन्होंने ये बात कही राज्य सरकार ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी के लिए पिछले वर्ष अक्तूबर माह में हिम प्रगति आनलाईन अनुश्रवण प्रणाली शुरू की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों की सुविधा और उनसे सीधा संवाद सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की गई है

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान व निगरानी नियमित तौर पर करने की बात भी कही